आचार्य देववत आज सोलन में कृषि विमाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती युवा किसान कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास कर ही है कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है

जलशक्ति मंत्री आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर में उठाऊ पेयजल परियोजना और वनविभाग के विश्राम गृह के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने ्यवाओं से स्वावलंबन की ओर बढ़ने का आहवान किया महेंद्र सिंह ने कहा कि इससे युवा नौकरियों के पीछे नहीं भागेंगे और कृषि व बागवानी क्षेत्र में मौजूद रोजगार की आपार संभावनाओं का फायदा उठा सकेंगे

उन्होंने इस मुददे पर कांग्रेस नेता व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कॉल सिंह ठाकुर पर तथ्यहीन बयानबाजी करने का अरोप लगाया

गोविंद ठाकर ने आज कल्ल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी केवल बेंडी कक्षाओं को चरणबद्व तरीके से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं जबकि छोटी कक्षाओं को शुरू करने में अभी समय लगेगा

सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौघरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर उपेक्षित और पिछड़े वर्गो के कल्याण के प्रति सजग है सरवीण चौधरी आज शाहपुर में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रही थी उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को विकॉस व उन्नति के अवसर प्राप्त हो सरवीण चौधरी ने समाज के कल्याण के लिए महिलाओं की भूमिका की भी सराहना की और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलंबी बनने की अपील की दुर्घटना चंबा तीसा सड़क पर आज कलहेल नामक स्थान पर एक कार के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई जिससे यह जलकर राख हो गई दुर्घटना के मृतकों में मां बेटा शामिल है